नई दिल्ली में भारतीय खाद्य प्रसंस्करण परिसंघ के एक समारोह में राष्ट्रपति ने कहा कि खाने की बर्बादी को रोकने से देश के अधिक से अधिक लोगों को भोजन उपलब्ध कराने में मदद मिल सकती है रामनाथ कोविंद ने कहा कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग किसानों और मंडी के बीच एक सेतु बनाकर अन्न के महत्व को समझाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है हेलीकाप्टर मांग रोहतांग दर्रा बंद होने के बाद जनजातीय जिला लाहौल स्पीति के लोगों ने हेलीकाप्टर सेवा बहाल करने की मांग की है कुल्लू और लाहौल के बीच बस सेवा बंद होने के बाद दोनों तरफ सैंकड़ों लोगों ने हेलीकाप्टर के लिए आवेदन कर रखा है केलंग के पूर्व विधायक रवि ठाकुर ने बताया कि कल्लू के स्कूलों में शीतकालीन अवकाश होने के बाद काफी संख्या में लोग घर वापसी का इंतजार कर रहे हैं उन्होंने सरकार से जल्द हेलीकाप्टर सेवा शुरू करने की मांग की है हंसराज विधानसभा उपाध्यक्ष हंसराज ने केद्र सरकार के अब तक के कार्यकाल को उपलब्धियों भरा बताया है चंबा में कल आयोजित एक पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने अबतक के कार्यकाल में जो आयाम स्थापित किए है उसका श्रैय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाता है हंसराज ने कहा कि आगामी लोकसभा चुनावों में भाजपा जीत दर्ज कर केंद्र में फिर से सरकार बनाएगी प्रशिक्षण किसानों की आर्थिकी को मजबूत बनाने के उदेश्य से सोलन के चंबाघाट स्थित उद्यान विभाग द्वारा किसानों को खुम्ब प्रशिक्षण दिया जा रहा है

किसानों का कहना है कि इस तरह के प्रशिक्षण शिविर से जहां उन्हें खुम्ब उत्पादन की नवीनतम जानकारी मिल रही है वहीं उनकी आर्थिकी बढ़ाने में भी मददगार साबित होगा एक नज़र अखबारों की सुर्खियों पर आज अधिकतर समाचार पत्रों ने वन भूमि अतिकमण मामले में प्रदेश हाईकोर्ट के आदेश से जुड़ी खबर को प्रमुखता दी है अमर उजाला की सुर्खी है बिना पेड़ काटे वन भूमि से कब्जों को छड़ाए प्रदेश सरकार पंजाब केसरी लिखता है बिना पौधे काटे ही हटाया जाए अतिकमण दिव्य हिमाचल के शब्द हैं फिलहाल नहीं कटेंगे सरकारी जमीन पर उगाए सेब के पौधे दैनिक भास्कर का शीर्षक है हाईकोर्ट का आदेश सेब के पेड़ों को काटे बिना हटाना होगा वन भूमि से अतिक्रमण हिमाचल दस्तक के मुताबिक बिना पौधे काटे छ्ड़ाओ वन भूमि आपका फैसला ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के हवाले से सुर्खी दी है मंडी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के निर्माण को शीघ्र दें स्वीकृति जबकि दैनिक भास्कर ने लिखा है मंडी हवाई अड्डे की शीघ्र मंजूरी के लिए उड्यन मंत्री सुरेश प्रभु से मिले सीएम इसी समाचार पत्र के अनुसार हेली टैक्सी का भविष्य कैबिनेट के फैसले पर टिका लंबे समय तक सब्सिडी की डिमांड अड़चन दैनिक जागरण ने खबर दी है स्टार्ट अप को बढ़ावा देने में हिमाचल एस्पायरिंग लीडर जबकि दिव्य हिमाचल का कहना है स्टार्टअप में हिमाचल ने पछाड़े पर्वतीय राज्य

राहल को शतरंज की बिसात पर विशेष बच्चों ने दी चुनौती शीर्षक से अमर उजाला ने लिखा है बहन प्रियंका के साथ ढली में विशेष बच्चों के स्कूल पहुंचे कांग्रेस अध्यक्ष वहीं दैनिक सवेरा टाइम्स का कहना है राहुल ने दिव्यांग बच्चों संग खेली शतरंज स्कूल हर साल नहीं ले सकेंगे एडमिशन फीस शिक्षा निदेशालय ने जारी किए निर्देश अमर उजाला की एक खबर है एक नज़र सम्पादकीय पन्ने पर दैनिक जागरण ने अपने संपादकीय लपटों में आशियाने में प्रदेश में आग लगने के बढ़ते मामलों से निपटने के लिए लोगों को जागरूक व चौकस रहने की सलाह दी है